उन्होंने तिब्बतन हैंडिक्राफ्ट सेंटर में कारपेट और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने वाली महिलाओं के साथ बातचीत की मुख्यमंत्री ने आज सुबह जयरामपुर में आलाधिकारियों के साथ फिट इंडिया दौड़ में हिस्सा लिया कल चांगलांग में विभिन्न विकास परियोजनाओ के उद्घाटन और एक जन समारोह को संबोधित करते हुए म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है उन्होंने कहा कि तिराप चांगलांग और लोंगडिंग जिला खनिज संसाधनों के नजरिये से समुद्ध क्षेत्र है म्ख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व से अधिक्तम लाभ हो उसके लिए सरकार एक उपयुक्त नीति पर काम कर रही है श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में कोयला खनन को प्न श्रु करने का प्रयास कर रही है और राजस्व संग्रह के लिए हाईड्रो पावर और तेल जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन कर रही है ताकि राज्य को केंद्र पर कम निर्भर रहना पड़े म्ख्यमंत्री ने चांगलांग नामतोक जयरामप्र नामप्रंग और मनमाओ के अपग्रेड पुलिस स्टेशनों का उदघाटन किया श्री खांड् ने कहा कि तिराप चांगलांग और लोंगडिंग में पर्यटन सर्किट के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए नये प्लिस स्टेशनों की स्थापना और कई अन्य प्लिस स्टेशनों को अपग्रेड करने के साथ ही ब्नियादी स्विधाओं की विकास पर बल दिया जा रहा है

आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट जारी की है

बैठक के दौरान श्री मैन ने विभिन्न स्थानीय जैविक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती पर जोर दिया

यह एप नामसाई जिले में पर्यटन और प्रशासन से संबंधित सूचना और अन्य सेवाओं का भी प्रसार करेगा

उन्होंने कहा कि अरुणाचल में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन बिना प्रमाण पत्र के है उन्होंने ब्धवार को ईटानगर में राज्य के सामाजिक न्याय और आधिकारिता और जनजातीय मामलों के विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गैर सरकारी संगठन दवारा संचालित दिव्यांगजनों के लिए निश्ल्क आकलन चिकित्सा शिविर के दौरान यह बात कही श्रीमती रतन ने कहा कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम दिव्यांग लोगों को चार से पांच प्रतिशत की ब्याज के साथ ऋण देता है जिसके लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ठ आई डी होना आवश्यक है उन्होंने जोर दिया कि राज्य के सभी दिव्यांगजनों को आई डी के लिए आवेदन करना चाहिए

प्रधानमंत्री के डिजिटली सशक्त भारत विजन के अन्रूप देशवासियों को डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए यह केन्द्र तथा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हए सीतारामन ने कहा कि इन दो शुरूआतों से निवेशक और कॉरपोरेट जगत के लिए एक दोस्ताना मंच मिल सकेगा उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से वित्तीय साक्षरता फैलाने के साथ साथ निवेशकों के बीच व्यापक जागरूकता और उनके हितों के संरक्षण से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप इस तरह से विकसित किया गया है जिससे निवेशकों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ निवेश संबंधी जागरूकता बढ़ सके